राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि महात्मा बुद्ध के शाश्वत उपदेश व्यक्ति समाज देश और समूचे विश्व की बुनियादी समस्याओं के समाधान का अचूक उपाय हैं राजगीर में विश्व शान्ति स्त्रप की स्थापना के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से आज के यूग की अनेक समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है उन्होंने कहा कि विश्व शांति के लिए बुद्ध के आदर्शों से सभी लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लोकतंत्र पर बौद्ध धर्म के विचारों और प्रतीकों का बड़ा असर पड़ा है उनका समानता संयम और अहिंसा का संदेश आधुनिक सोच वाले लोगों को आकर्षित करता है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बुद्ध ने विश्व को सदैव शांति का संदेश दिया है

उन्होंने विश्व शांति स्तूप का निर्माण तो किया ही उनका संबंध बापू से बड़ा अच्छा रहा है और जब विश्व शांति स्तूप का उन्होंने सपना देखा उसकी कल्पना कि दुनिया में शांति होनी चाहिये और उसके लिये शांति स्तूप का निर्माण होना चाहिये राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और कई अन्य गणमान्य लोगों ने राजगीर में विश्व शान्ति स्तूप के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया जापान नेपाल श्रीलंका और अन्य देशों के तीन सौ से अधिक बौद्ध मिक्षु श्रद्वालु और प्रतिनिधि समारोह में शामिल हुए उच्चतम न्यायालय ने देश की सभी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश को बारे में एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायधीश एस ए बोबडे और एस ए नजीर की खंडपीठ ने इस याचिका के बारे में केंद्रीय कानून और न्याय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है यासमीन जूबैर अहमद पीरजादा की याचिका में महिलाओं को मस्जिदों में जाने की अनुमति देने के लिए सरकारी अधिकारियों और मुस्लिम संस्थाओं को निर्देश देने की अपील की गई है इसमें कहा गया है कि ऐसा ना किया जाना विभिन्न ब्नियादी अधिकारों का उल्लंघन है केन्द्र सरकार ने दिव्यांगों को वाहन खरीदने के लिए वस्तु और सेवा कर जीएसटी में छूट देने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति निश्चित आकार और क्षमता वाले वाहन खरीदने के लिए जीएसटी छूट का दावा कर सकते हैं रेलवे का निजीकरण और इस कारण भर्तियों में कमी की अफवाह का खंडन किया गया है पूर्व मध्य रेलवे के मूख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से छात्रों को भ्रमित नहीं होने की अपील की है श्री कुमार ने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से भी पिछले दिनों इस संबंध में बयान जारी किया गया था कि रेलवे के किसी भी प्रकार के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है उन्होंने छात्रों और परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की साईट पर दी गयी सूचनाओं पर ही विश्वास करें उल्लेखनीय है कि भ्रामक पोस्ट वायरल होने के बाद परीक्षार्थियों ने राज्य में कई स्थानों पर रेल परिचालन बाधित किया था केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज जीपीओ पटना में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स में अपना खाता खुलवाया श्री प्रसाद ने लोगों से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खाता खुलवाने की अपील भी की उन्होंने कहा कि पोस्ट पेमेंट्स बैंक में विभिन्न प्रकार के धन अंतरण को तेजी से किया जा सकता है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से आज नई दिल्ली में आकाशवाणी समाचार भारती पत्रिका के आठवें संस्करण का विमोचन किया गया प्रभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने विमोचन के बाद कहा कि पत्रिका का यह संस्करण महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती उनकी सेवा समर्पण स्वदेशी आंदोलन स्वावलंबन सहयोग और स्वच्छता के विचारों को समर्पित है उन्होंने लोगों से महात्मा गांधी के विचारों को अपनाने की अपील की उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के हर जिले में खादी पार्क की स्थापना की जायेगी श्री रजक आज दिल्ली में अत्याधुनिक बिहार इंपोरियम का उद्घाटन कर रहे थे इंपोरियम में बिहार के उत्कृष्ठ हैडीक्राफ्ट हैंडलूम और खादी से बने कपड़ों की बिक्री होगी आज धनतेरस है आज के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुये थे आज के दिन सोना चांदी के साथ साथ अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद का प्रचलन है मान्यता है कि इससे घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है धनतेरस को लेकर पटना सहित प्रदेशभर में दुकानों पर विशेष रौनक देखी जा रही है आभूषण की दुकानों गाड़ियों के शोरूम और इलेक्ट्रोनिक्स तथा बर्तन की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने राज्यवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी है समस्तीपूर लोकसभा उपचूनाव में जीत हासिल करने वाले प्रिंस राज को लोजपा ने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पटना में पार्टी की बैठक के बाद यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि नवादा से सांसद चंदन सिंह को बिहार युवा लोजपा का अध्यक्ष बनाया गया है वहीं वैशाली से सांसद वीणा देवी को बिहार महिला लोजपा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गयी है अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले चौबीस घंटों के दौरान बारिश की संभावना बनी हुयी है आज पटना बक्सर भोजपुर जहानाबाद जमुई नवादा लखीसराय औरंगाबाद सासाराम नालंदा अररिया और बांका जिले के कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है इससे लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार और कोन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना के विभिन्न गंगा घाटों का निरीक्षण किया नासरीगंज से पटना सिटी तक निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अन्य उच्चाधिकारी भी मौजूद थे निरीक्षण के दौरान श्री प्रसाद और मुख्यमंत्री ने दीघा एलसीटी बांस घाट और काली घाट सहित अन्य घाटों पर छठ के दौरान आने वाले श्रद्वालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये दीपावली और छठ को देखते हये पटना और गया के बीच कल से दस नवंबर तक एक जोड़ी विशेष ट्रेन का परिचालन प्रति दिन किया जायेगा वहीं आज आसनसोल से पटना के लिये विशेष ट्रेन का परिचालन किया गया वापसी में यह ट्रेन कल आसनसोल के लिये रवाना होगी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले गये विजय मार्चेंट अंडर सिक्सटीन मुकाबले में बिहार ने असम को इक्यासी रनों से पराजित कर दिया इस जीत के साथ बिहार को तीन अंक हांसिल हुए हैं मैच के तीसरे और अंतिम दिन आज असम की दूसरी पारी एक सौ चौहत्तर रन पर ही सिमट गयी बिहार की ओर से आदित्य राज ने सर्वाधिक पांच विकेट लिये इससे पहले अभिषेक आनंद की अठहत्तर रनों की नाबाद पारी की बदौलत बिहार ने दूसरी पारी में आठ विकेट के नुकसान पर एक सौ अठावन रनों पर पारी समाप्ति की घोषणा कर दी थी बिहार एटीएस ने वाराणसी कैंट पुलिस के साथ मिलकर जाली नोटों के तस्कर को गिरफ्तार किया है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के रहने वाले गिरफ्तार तस्कर के पास से दो हजार और पांच सौ के दो लाख से अधिक नकली नोट बरामद किये गये हैं कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के भरसिया गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने एक कारोबारी से लगभग दो लाख से अधिक रुपये लूट लिये